भोपाल में जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है और लोगों को समझाइस दी जा रही है मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हैं वहीं पीएससी देने वाले परीक्षार्थिओं की सुविधा के लिए नगर वाहन सेवा का संचालन सुचारू रूप से रहा इंदौर में भी पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहा लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कहीं कहीं सख्ती की गई इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए थे उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का अनुरोध किया है लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा उद्योग चालू रहेंगे

केन्द्र निर्देश केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए

कम समय में सबसे तेज गति से यह उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में भारत एक है

बैतूल कोरोना बैतूल जिले में प्रशासन द्वारा की जा रही सख्ती के बावजूद कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा होने से चिंता बढ़ गई है

मास्क पहनने लोगों को अधिकारी लगातार जागरूक भी किये जा रहे है

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नई नगर वन योजना शहरी वनों के विस्तार में मदद करेगी आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का अलग अलग समान रूप से विकास हो सकेगा उन्होंने भारत के लगभग हर ग्राम समूह के आसपास वन क्षेत्रों के विकास और उनकी देखभाल की परंपरा का उल्लेख किया

इस सुरक्षा के महायज्ञ में अपना घर वृद्ध आश्रम आशा ग्राम ट्रस्ट के वृद्धजनों ने भी टीकाकरण कराकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की